पीजीआई रोहतक के दंत चिकित्सा महाविद्यालय ने मरीज़ों को घर में परामर्श के लिए ई संजीवनी स्विधा श्रू कर दी है उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम कल से उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण कर रहा है

पीजीआई एम एस के दंत चिकित्सा महाविद्यालय मे आजसे ई संजीवनी स्विधा श्रू हो गई है इसे तहत अब लोग घर बैठे डॉक्टर से ऑनलाइन सलाह ले सकेंगे

उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विश्वविद्यालय लगभग दो साल से आस्ट्रेलिया के जॉर्ज इंस्टीच्यूट के साथ मिलकर ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को ई इलाज की सुविधा उपलब्ध करा रहा है जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एएनएम की अहम भूमिका निभा रही है उन्होंने कहा कि ई संजीवनी जैसी ओपीडी आज के समय की जरूरत बन गई है उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि जल्द ही पीजीआई एम एस और मानसिक स्वास्थ्य संस्थान भी ई संजीवनी ओपीडी श्रू करेंगे

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जीवन भारत ही नहीं वरन प्रे विश्व के लिए प्रेरणा स्वरूप है सत्य और अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम इतिहास के पन्नों में सदा के लिए अमर है

बापू ने कहा था कृछ ऐसा जीवन जियो जैसे की त्म कल मरने वाले हो क्छ ऐसे सीखो जैसे कि त्म हमेशा के लिए जीने वाले हो उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ताओं की शिकायतें दर्ज करने और प्रानी शिकायतों की सुनवाई के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के सदस्य अक्तूबर माह में प्रदेश के विभिन्न स्थानों का दौरा करेंगे

इससे उपभोक्ताओं को अपने मामलों की सुनवाई की सुविधा निकटतम स्थान पर उपलब्ध होगी

उच्चतर शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि राज्य के सभी कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए गए हैं

औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग हरियाणा ने प्रदेश की विभिन्न आईटीआई में एक नवंबर से प्रदेश की आईटीआई में स्मार्ट क्लास के माध्यम से छात्र छात्राओं को पढ़ाने का निर्णय लेने के साथ ही अब औद्योगिक प्रशिक्षण की प्रैक्टिकल आईटीआई में करवाने की बजाए सीधे औद्योगिक इकाईयों में करवाई जाएगी भिवानी आईटीआई के एक अधिकारी जगदीश शर्मा ने बताया कि औद्योगिक इकाईयों में प्रशिक्षण से छात्र छात्राओं की अपने विषय में निप्णता बढ़ेगी तथा जल्द ही वे कोर्स पूरा करने के बाद रोजगार प्राप्त करने में सक्षम हो जाएंगे हरियाणा में कल से बाजरे की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्रू पर श्रू हो रही है इसके लिए प्रदेशभर मे खरीद के प्रबंध किये गये है झज्जर जिले मे किसानों की स्विधा केलिए सात खरीद केन्द्र बनाये गये है

उनहोंने कहा कि कोरोना महामारी के चलते स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देश का पूरा पालन किया जायेगा सभी खरीद केन्दों पर नोडल अधिकारी तैनात रहेंगे हरियाणा सरकार ने प्रदेश के पात्र शिक्षकों से राष्ट्रीय शिक्षक प्रस्कार की तर्ज पर राज्य शिक्षक प्रसकारों के लिए ऑनलाइन आवदेन आमंत्रित करने का निर्णय लिया है

अधिकारियों को यह निर्देश भी दिये गये है कि वे राज्य शिक्षक प्रस्कार के लिए आवदेन दस्ती और व डाक के माध्यम से स्वीकार न करें